देश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा

कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें संसद सत्र संसद का बजट संत्र कल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ शुरू हो रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तृत करेंगी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कल सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं

पहली फरवरी को केन्द्रीय बजट प्रस्तृत किया जाएगा कोविड महामारी को देखते हए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से दिन में दो बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम चार बजे से रात नौ बजे तक चलेगी

देश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस यानी कागज रहित बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप नाम से मोबाइल ऐप जारी किया है ताकि ससंद के सदस्यों और आम लोगों को बजट दस्तावेज डिजिटल रूप में आसानी से स्लभ हो सकें सड़क चौड़ीकरण प्रदेश में विकासखण्ड स्तर तक बेहतर सड़क स्विधाओं के विकास और सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये विकासखण्ड मुख्यालयों को डबल लेन सड़क से जोड़ा जायेगा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द सिंह रावत इस बात की जानकारी देते हए कहा कि यातायात की सुगमता के लिये कम आबादी वाले विकासखण्डों को जोड़ने वाली सड़कों को डेढ़ लेन और अधिक आबादी वाले विकासखण्डों को डबल लेन सड़क से जोड़ा जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के चौड़ीकरण से राज्य के सुद्रवर्ती क्षेत्रों तक आवागमन सुविधापूर्ण और सुरक्षित होगा साथ ही यातायात नियंत्रण और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी साथ ही प्रदेश के सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य भी पूरा होगा उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश की राजधानी से राज्य को जोड़ने वाली सड़कों के और अधिक सुदृढ़ीकरण चारधाम और भारतमाला सड़क परियोजनाओं से राज्य के सभी लोग बेहतर सड़कों से जुड़ जायेंगे कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचने से राज्यवासियों को तो सुविधा ही चारधाम यात्रा को भी नये आयाम प्राप्त होंगे सीएम अल्मोडा म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज श्रीनगर स्थित राजकीय संय्क्त उप जिला चिकित्सालय के नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया

मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल तक कॉन्क्रीट रोड के साथ ही पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है इससे पहले अल्मोड़ा में म्ख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की खोई विरासत को ऐंपण के माध्यम से बेटियों दवारा संजोने का कार्य किया जा रहा है उन्होंने पारम्परिक ऐंपण कला से जुड़ी बेटियों से संवाद करते हए कहा कि बेटियां न सिर्फ ऐंपण कला को जीवित रख रही है बल्कि इसके माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर रही हैं म्ख्यमंत्री ने कहा कि शिल्प प्रथा को आगे बढ़ाते हए प्रदेश के क्शल करीगरों को आध्निक श्रेणी की कारीगरी सिखाने में कारगर हूए हैं उन्होंने कहा कि इसी क्शलता को ध्यान में रखते हूए उत्तराखण्ड में आवास नीति लागू की गयी है जिसमें उत्तराखण्ड के शिल्प नीति से जो अपने भवनों का निर्माण करेगा उसे एक अतिरिक्त मंजिल बनाने की अनुमति दी जायेगी इस संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही महिला उदयमियों को सम्मानित भी किया मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक भी की और विकास योजनाओं की समीक्षा की अल्मोड़ा दौरे के आखिर में उन्होंने पौड़ी आते समय चौख्टिया में प्रस्तावित हवाई पट्टी का हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण किया म्ख्यमंत्री ने कहा कि चौख्टिया ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के नजदीक होने और सीमान्त क्षेत्र से ज्ड़ा होने के कारण महत्वप्र्ण है वॉटर एटीएम नई टिहरी में आने वाले यात्रियों और ओपन मार्केट टैक्सी स्टैंड बौराड़ी में आने वाले लोगों के लिए वाटर एटीएम का लोकार्पण किया गया इस अवसर पर जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि वाटर एटीएम से कम दाम में शुदध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा और खासकर गर्मियों के मौसम में यह काफी सहायक साबित होगा

इनमें से अधिकांश स्वास्थ्यकर्मियों और आंगनबाड़ी वर्कर का टीका लगाया गया

ये दिशा निर्देश पिछले चार महीने से कोविड महामारी से लड़ाई में उपलब्धि को और सुदृढ़ बनाने के लिए जारी किए गए हैं दिशा निर्देशों के अन्सार महामारी पर पूरी तरह काबू पाने तक सावधानी बरतने और निगरानी नियंत्रण औरमानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने की नीति अपनाने पर जोर दिया गया है गृह मंत्रालय ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर जिलाधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर विचार करते हए छोटे स्तर पर सावधानीपूर्वक कंटेनमेंट जोन बना सकेंगे राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें यह स्निश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगी कि लोग मास्क पहनें बार बार हाथ धोयें और स्रक्षित दूरी के नियमों का पालन करें

सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को लगातार जेनेरिक दवाओं की सलाह देने के लिए निर्देशित किया जा रहा है मुख्य सचिव ने ब्धवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रगति पोर्टल के अंतर्गत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों आईईसी अधिकारियों और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता के लिए भी लगातार निर्देशित किया जा रहा है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों के माध्यम से मरीजों को निश्ल्क दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह जानकारी दी है आपको बता दें कि सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान पहले ही किया जा च्का है

हालांकि परीक्षा का शेड्यूल दो फरवरी को घोषित किया जाएगा झांकी केदारखंड गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर उत्तराखंड की ओर से प्रस्तुत झांकी केदारखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हआ है आज नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री किरेन रिजिज् ने यह प्रस्कार प्रदान किया राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे केएस चौहान ने राज्य की ओर से यह प्रस्कार प्राप्त किया

झांकी का थीम सॉन्ग जय जय केदारा था राज्य गठन के बाद से यह पहला अवसर है जब राज्य की झांकी को प्रस्कार के लिए चुना गया है गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य की ओर से प्रस्त्त झांकी को प्रस्कार मिलने पर म्ख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के साथ पूरी टीम को बधाई दी

जल जीवन मिशन टिहरी टिहरी की जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने हर घर नल योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक सप्ताह के अंदर कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटाइजेशन मिशन की जिला स्तरीय समिति की बैठक में पेयजल और जल संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि जिले में पेयजल स्रोतों की कमी स्रोतों में पानी की कमी और पहले से बिछी पाइपलाइन की खराब हालत के अलावा कई अन्य तकनीकी कारणों के कारण योजना का काम प्रभावित हो रहा है